गलवान घाटी में भारत चीन सीमा विवाद में शहीद जवान अंकुश ठाकुर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में कोल्ड स्टोर श्रृंखला को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि किसानों बागवानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके राजभवन में आज बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि फल उत्पादकों को उनके उत्पाद का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए राज्यपाल ने अधिकारियों को बागवानों के लिए पैकिंग सामग्री की अग्रिम उपलब्धता सुनिश्चित बनाने और प्रत्येक जिले में हैल्पलाईन व केन्द्रीयकृत सम्पर्क सहायता नम्बर की व्यवस्था करने को भी कहा बंडारू दत्तात्रेय ने उप विपणन यार्ड विकसित करने की सलाह भी दी ताकि कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके इस दौरान बागवानी सचिव अमिताभ अवस्थी ने राज्यपाल को आगामी सेब सीजन के लिए विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी दी शुलिनी मेला सोलन जिले का राज्यस्तरीय शूलिनी मेला इस बार कोरोना महामारी के दृष्टिगत सूक्ष्म रूप से आरम्भ हआ दो बहनों के मिलन का प्रतीक तीन दिवसीय ये मेला देवीय परम्परा के अनुसार मनाया जाएगा इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों विशेष तौर पर सोलन जिला के लोगों को राज्यस्तरीय शूलिनी मेले की बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए माँ शूलिनी की आरती और ऑनलाईन दर्शन की समुचित व्यवस्था की है मुख्यमंत्री ने लोगों से ऑनलाईन माध्यम से माता शूलिनी के दर्शन करने का आग्रह किया है

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने आज शिमला में अनुसूचित जाति उपयोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आयोजित बैठक में ये जानकारी दी सैजल ने अधिकारियों को इस उपयोजना के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं व अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए बैठक में इस उपयोजना को सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की गई और योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई अहम निर्णय भी लिए गए गरीब कल्याण योजना केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबों व जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है

जनजातीय जिला किन्नौर के बारंग की महिलाएं योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने पर बेहद खुश हैं

वे आज चम्बा में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे बिक्रम ठाक्र ने कहा कि जिले में सड़कों पुलों पेयजल योजना सहित अन्य विकास कार्य तीव्र गति से किए जाएंगे उन्होंने कहा कि अब हालात सामान्य होते ही सरकार चम्बा में बड़ा उद्योग स्थापित करेगी ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी द्वनिया कोरोना महामारी से जुझ रही है लेकिन योग में इस बीमारी से उत्पन्न चुनौतियों के बहुआयामी समाधान हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है तथा मानसिक और शारीरिक सक्षमता बढ़ती है प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले कुछ वर्षो में खासकर युवाओं में योग की लोकप्रियता बढ़ी है

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कवर सहित विधायक कर्नल इन्द्र सिंह नरेन्द्र ठाकुर कमलेश कुमारी राजेन्द्र राणा और इन्द्रदत लखनपाल ने शहीद अंकुश ठाकुर को भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की इसके अलावा प्रशासन के अधिकारियों सहित जिले के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में लोगों ने शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी अंकुश ठाकुर की पार्थिव देह को आज लेह से विशेष विमान चण्डीगढ़ पहुंचाया गया चण्डीगढ़ से उनकी पार्थिव देह को सड़क मार्ग से कडोहता गांव पहुंचाया गया

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया इस अवसर पर कुलदीप राठौर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी कोरोना महामारी के इस संकट काल में समाज सेवा के दायित्व का पालन करते हुए गरीबों व जरूरतमंदों की हर सम्भव सहायता कर रही है उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस पिछले करीब एक महीने से गरीबों को प्रतिदिन निशुल्क भोजन भी उपलब्ध करवा रही है

अपील एसपी कुल्लू जिला पुलिस ने लोगों से जिले के पर्यटन स्थलों में न जाने की अपील की है

उन्होंने कहा कि काफी संख्या में लोग पर्यटन स्थलों की ओर जा रहे हैं और सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना नहीं कर रहे हैं गौरव सिंह ने स्पष्ट किया कि अभी तक सरकार द्वारा पर्यटन गतिविधियों और धार्मिक स्थलों को खोलने की ईजाजत नहीं दी गई है

उन्होंने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील भी की है